न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा कि इंटरनेट मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसे अनिश्चितकाल के लिये बंद नहीं किया जा सकता है न्यायालय ने सरकार को छूट दी कि सुरक्षा के मददेनजर पाबंदियों को बनाये रखा जा सकता है लेकिन इसका कारण सार्वजनिक किया जाना होगा

इनमें परिवार के पास शौचालय टीवी गाडी पीने का पानी और रसोई के उपयोग जैसे प्रश्न भी शामिल होंगे

पंचायत पुनर्गठन के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये स्थगन के बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया है

इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है

इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए

यह कार्यक्रम द्रदर्शन के डीडी नेशनल द्रदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा

बाडमेर जैसलमेर के बाद अब सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी टिड़िडयों के बंडे दल देखे गये है

अधिकारियों ने किसानों को पूरी सजगता बरतने की सलाह दी है

आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में बारी बारी से प्रसारित किया जाएगा इसे एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकता है